प्रधानमंत्री मातु वंदना योजना में प्रदेश अव्वल इंदौर को भी मिला बेहतर प्रदर्शन के लिये पहला स्थान अमरकंटक में नर्मदा महोत्सव शुरू वहीं खरगोन में कल से शुरू होगा नदी महोत्सव राज्य स्तरीय गुरूनानक देवजी प्रांतीय ओलंपिक कल से भोपाल में

देश के आर्थिक हालातों के मद्देनजर इस बार बजट में आम लोगों के लिये कई राहत भरी घोषणाएं होने की संभावना है आम लोगों को आयकर छूट की सीमा बढ़ने और आवासीय ऋण पर लगने वाले ब्याज पर कर से राहत की सीमा बढ़ने की उम्मीद है वहीं आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया इस सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर छह से साढ़े छह प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है गौरतलब है कि बजट सत्र दो चरणों में सम्पन्न होगा

पीएम मात्र वंदना योजना प्रदेश को प्रधानमंत्री मात् वंदना योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के मामले में पहला स्थान प्राप्त हुआ है वहीं इंदौर जिले को योजना के बेहतर प्रदर्शन के लिये पहले स्थान पर चुना गया है इसके साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह के क्रियान्वयन के लिये भी प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है

अनावरण कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री हर्ष यादव ने शहीद दिवस पर सागर जिले के देवरी में शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गांधी स्तंभ का अनावरण किया इस अवसर पर मंत्री श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के कृतित्व और व्यक्तित्व से नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिये महाविद्यालय में लायब्रेरी स्थापित की जायेगी लायब्रेरी में गाँधी जी और समकक्ष महापुरूषों के साथ साथ स्वंतत्रता संग्राम में शहीद सेनानियों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी विश्व बैंक दल प्रदेश में सुरक्षित यातायात और बेहतर सड़क सुरक्षा के लिये विश्व बैंक के सहयोग से चलने वाली परियोजना में इंदौर धार और छिंदवाड़ा जिले का चयन किया गया है इन जिलों में बैंक सात मिलियन डालर की सहायता उपलब्ध कराएगा इस प्रोजेक्ट के लिये आज इंदौर में विश्व बैंक के सदस्यों ने जिला प्रशासन और यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रूपरेखा बनाई हमारे इंदौर संवाददाता ने बताया कि सुरक्षित यातायात प्रोजेक्ट के तहत जिले में रोड इंजीनियरिंग के साथ साथ सड़क सुरक्षा के लिये जन जागरूकता पर ध्यान दिया जाएगा

घायलों को तुरंत बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये इंदौर के ट्रामा सेंटर को और अधिक साधन संपन्न बनाने साथ ही चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण देना तय किया गया है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यहां विभिन्न संस्कृतियों का समावेश है और यही हमारी पहचान है मुख्यमंत्री ने नर्मदा महोत्सव हर साल मनाने की घोषणा भी की आज पहले दिन स्वास्थ्य लाभ के लिये योग का आयोजन हआ इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनजातीय समृह द्वारा उत्पादित कोदो चावल अमरकंटक उदगम जल और संजीवनी गुलकाबिली अर्क का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जिले की सौ बेटियों को पन्द्रह सौ रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की इस महोत्सव में स्थानीय जनजातीय कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा वहीं गायिका मैथली ठाकुर और गायक कैलाश खेर मनमोहक संगीतमय प्रस्तुति देंगे नदी महोत्सव राज्य शासन द्वारा नर्मदा जयंती पर कल खरगोन जिले की पवित्र नगरी मंडलेश्वर में दो दिवसीय नदी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है शुभारंभ समारोह की मुख्य अतिथि संस्कृति मंत्री डॉ विजयलक्ष्मी साधौ होंगी

नदी महोत्सव में सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर एवं कैलासा ग्रुप मुम्बई के साथ साथ स्थानीय कलाकारों द्वारा लोक नृत्य और भक्ति संगीत की प्रस्तुति होगी

इस मौके पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा

प्रांतीय ओलम्पिक में वालीबाल फृटबाल बॉस्केटबाल हॉकी कबड्डी खो खो एथलेटिक्स कृश्ती बैडमिन्टन और टेबिल टेनिस खेलों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे मौसम पहाड़ों में हुई बर्फबारी के चलते प्रदेश में ठंड ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के वैज्ञानिकों के अनुसार जम्मू कश्मीर हिमाचल और उत्तराखंड में हुयी बर्फबारी और सर्द हवाओं के चलते कल कुछ स्थानों पर शीतल दिन रहने के कारण रात का पारा काफी गिर गया

वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में मौसम को प्रभावित करने वाला कोई भी सिस्टम नही बना है इसके चलते मौसम साफ रहेगा और ठंड के तेवर अभी कुछ दिनों तक और बने रहेंगे राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेज धूप निकालने के बावजूद ठंड का असर रहा

श्योपूर जिले के आदिवासी विकासखण्ड मुख्यालय कराहल पर ग्राम पंचायत के द्वारा कचरा प्रबधन हेतु ई कचरा गाडी संचालित की गई है